प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य गारंटी प्रदान की जाएगी

पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चल रही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है समाज की आखरी पक्ति में जो इंसान खड़ा है गरीब से गरीब को इलाज मिले स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले आज इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसामुंडा की धरती से उठाया जा रहा है इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस योजना से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा श्री नड्डा ने यह भी बताया कि देश में जल्द ही डेढ़ लाख और स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे रांची में आयोजित इस योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देश के विभिन्न जिलों में वीडियो ब्रिज के माध्यम से किया गया

राजधानी रायपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति का पांच लाख रूपये तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा प्रदेश के चार सौ अट्ठाईस निजी और छह सौ आठ शासकीय अस्पतालों में इलाज का लाभ मिलेगा

समारोह में स्वास्थ्य योजना के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर एक शुन्य चार जारी किया गया गोरतलब है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है इस योजना से देशभर के दस करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा गरीब परिवारों को सालाना पांच लाख रूपये तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना से जुड़े हुए परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी इलाज कराने के लिए पैसे नहीं चुकाना होगा

इस दौरान श्री गोयल कोरबा में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारिडोर परियोजना के अंतर्गत लगभग पांच हजार करोड़ रूपये की लागत से गेवरा रोड से पेंड्रारोड तक बनने वाली एक सौ पैंतीस किलोमीटर लंबी रेललाइन का शिलान्यास करेंगे इसके अलावा श्री गोयल छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर फेस टू परियोजना के तहत उरगा से धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर फेस वन परियोजना के तहत खरसिया से धरमजयगढ़ और चिरमिरी नागपुर हाल्ट न्यू रेललाइन का भी शिलान्यास करेंगे निर्वाचन आयोग नियामक जांच निर्वाचन आयोग ने मतदान संबंधी गतिविधियों की नियामक जांच का फैसला किया है इसके तहत आयोग ने उन चार राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में ब्यौरे की जानकारी दी है जहां इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है ये राज्य हैं मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान और मिजोरम आयोग ने इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को बताया है कि मतदाता सूचियों मतदान केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के भंडारण संबंधी चुनावी गतिवधियों की विस्तृत नियामक जांच की जाएगी

मुख्यमंत्री सुबह मरवाही क्षेत्र के ग्राम कोटमी में एक आमसभा को संबोधित करेंगे वहीं डॉक्टर सिंह दोपहर ग्राम हरदीबाजार में रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ छत्तीसगढ़ रेल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत चार रेललाइनों का शिलान्यास करेंगे तीन सौ पैंतालीस किलोमीटर लम्बी इन रेललाइनों की लागत लगभग दस हजार करोड़ रूपये है इस दौरान आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग तीन हजार हितग्राहियों को सामग्री और सहायता राशि वितरित करेंगे डॉक्टर सिंह दोपहर बाद रायगढ़ जिले के ग्राम बायंग में आयोजित स्वागत सभा में शामिल होंगे वे खरसिया में एक आसमभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पच्चीस सितंबर को कोरिया और सरगुजा जिले का दौरा करेंगे जबकि छब्बीस सितंबर को डॉक्टर सिंह सुबह अंबिकापुर में प्रेसवार्ता लेने के बाद सफाई कर्मचारियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे दोपहर बाद मुख्यमंत्री जांजगीर चांपा कबीरधाम और बेमेतरा जिले का भी दौरा करेंगे परीक्षा स्थगित छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल पद के लिए होने वाली परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है गौरतलब है कि उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कल से शुरू होने वाली थी वहीं तीस सितंबर को लिखित परीक्षा की तिथि तय थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से सभी परीक्षाएं टाल दी गई हैं विधानसभा सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है

माओवादी विधायक हत्या छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्रप्रदेश में माओवादियों ने तेलगु देशम पार्टी के एक विधायक और एक पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या कर दी विशाखापट्नम के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना विशाखापट्नम इलाके के अराकू की है उन्होंने विधायक और पूर्व विधायक सड़क मार्ग से एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे तभी हथियारबंद माओवादियों ने उनके काफिले को रोका और पास में जाकर दोनों नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी जीएसटी प्रावधान राज्य में जीएसटी अधिनियम की धारा इंक्यावन के तहत टीडीएस कटौती का प्रावधान आगामी एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जीएसटी की इस धारा के तहत टीडीएस का प्रावधान सभी शासकीय विभागों सार्वजनिक उपक्रमों और शासन द्वारा स्थापित सोसायटी या बोर्ड को वर्ष में किसी सप्लायर से ढाई लाख रूपये से ज्यादा माल की आपूर्ति होने पर लागू होगा राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसुचना जारी कर दी है राज्य कर आयुक्त के अधिकारियों के बताया कि ऐसे सभी विभाग या प्राधिकारी जिनके द्वारा स्रोत पर कटौती की जानी है उन्हें टीडीएस के लिए पंजीयन करवाना होगा यह पंजीयन व्यापारियों द्वारा कराए जाने वाले पंजीयन से अलग है गणेश विसर्जन ग्यारह दिन की पूजा अर्चना के बाद आज अनंत चतुर्दशी से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है राजधानी रायपुर में आज जगह जगह हवन और भण्डारे का आयोजन किया गया इसके बाद लोगों ने बाजे गाजे के साथ गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के उद्घोष के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा ब्रढातालाब के पास कुण्ड बनाकर छोटी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की व्यवस्था की गई है वहीं बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन आगामी छब्बीस सितंबर को आकर्षक झांकियों के साथ किया जाएगा इस साल भी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन खारून नदी में ही किया जाएगा कार्यशाला राजधानी रायपुर में कल से चार राज्यों की पांच दिवसीय स्व जल कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यशाला का आयोजन राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है कार्यशाला का शुभारंभ संसदीय सचिव लाभचंद बाफना करेंगे कार्यशाला में चार राज्यों छत्तीसगढ़ उत्तरप्रदेश आंध्रप्रदेश और गुजरात के प्रतिनिधि शामिल होंगे